् कोरोना संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए राज्य में अब रेपिड एन्टीजन टेस्ट भी किये जाएंगे ्मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज आंधी की चेतावनी जारी की कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

उन्होंने कहा कि मानव सेवा सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का धर्म है और यह इसे निभाने का समय है श्री गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति का कोटा बढाने के लिए केन्द्र सरकार से की जा रही मांग पर सभी राजनैतिक दलों से समर्थन मांगा उनहोंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहित सभी पार्टियों के नेता केन्द्र सरकार से मेडिकल ऑक्सीजन अन्य संसाधनों तथा उपकरणों की ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति की अपील करें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि सभी राजनैतिक दल राज्य सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग की अपनी भूमिका निभाएंगे इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र भी आज प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे

आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक आलोक रंजन ने बताया कि कोरोना के गंभीर मरीजों के उपचार में काम आने वाले टोसिलीजूमेब इंजेक्शन की आपूर्ति प्रदेश को होने लगी है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

चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोडा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रेपिड एन्टीजन टेस्ट का उपयोग संदिग्ध मरीजों के लिए किया जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और उससे ऊपर के अस्पतालों में यह टेस्ट करने की अनुमति होगी इस टेस्ट की जांच आधे घंटे में मिल जाएगी जिससे मरीज को तुरंत आइसोलेट किया जा सकेगा आदेश में कहा गया है कि कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को ही प्राथमिकता दी जाएगी

सीकर जिला मुख्यालय पर बजाज ट्रस्ट की ओर से दो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे भरतपुर में अपना घर आश्रम संस्था ने कोविड मरीजों के लिए छह ऑक्सीजन बैड वाला एक ट्रक तैयार किया है बीकानेर में युवाओं के निःशुल्क टीकाकरण के लिए दो निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर से सहायता राशि दी गई है

देशमर के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने इस पर सहमति जताते हये ईद का पर्व सादगी से मनाने और ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की सलाह दी है मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने के बारे में सरकारी गाइडलाईन की पालना करने को कहा गया है उदयपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय अपना परंपरागत पर्व ईद हर्षोल्लास के साथ मना रहा है लोग घरों में ही नमाज अदा कर मानवता और खुशहाली की कामना कर रहे हैं

मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोम के असर से अगले तीन चार दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है